प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सजग

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक टवीट संदेश में श्री मोदी ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज साइन ऑफ कर रहे हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलायें अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा कर रही है

इसमें चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं है इनमें आठ उड़ानें अंतरराष्ट्रीय मार्गों की हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सभी इमारतों और स्मारकों में देश विदेश की महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रखा गया प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है आज राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था की कमान पूरी तरह महिला पुलिसकर्मी संभाल रही है राजस्थान रोडवेज की बसों में आज महिलाओं के लिए निःशल्क यात्रा रखी गई है बुंदी में महिला दिवस पर आज जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने रक्तदान किया वहीं सवाईमाधोपुर में भी जिला मुख्यालय पर चल रहे अमृता हाट मेले में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है अलवर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित महिला सप्ताह समारोह का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया टोंक में रोडवेजकर्मचारियों ने महिला यात्रियों को माला पहनाकर और गुलाब का फूल देकर सम्मान किया बीकानेर में महिला दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव पर चर्चा की गई वहीं श्रीगंगानगर में स्वच्छता अभियान टीम द्वारा पांच महिला सफाईकर्मचारियों को सम्मानित किया गया

गौरतलब है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है स्त्री पुरुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान

सवाईमाधोपुर जिले के फलौदीकुंवारी निवासी सुनीता साहू भी सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ कई महिलाओं को उनके खुद के बुटिक खुलवा चुकी है

दो सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य विषय भोजन की पोष्टिकता बढाने में पुरूषो की भूमिका से संबंधित है

इसका उद्देश्य देश में चरणबद्व तरीके से कपोषण की समस्या का समाधान करना है

इनमें से तीन लोग इटली की यात्रा कर चुके हैं जबकि दो अन्य उनके रिश्तेदार हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्वभर में नोवल कोरोना वायरस के एक लाख से अधिक मरीजों का पता चला है और तीन हजार चार सौ से अधिक रोगियों की मृत्यु भी हुई है

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल निजी चिकित्सालयों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्राईवेट नर्सिंग सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ हई बैठक में यह जानकारी दी गई

उन्होंने बताया कि रेडियो अखबार और टेलीविजन सहित विभिन्न माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है अलवर के जिला अस्पताल में इस वायरस से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है साथ ही संदिग्ध मरीजों को अलग से ओपीडी में रखा जा रहा है सवाईमाधोपुर रेल्वे स्टेशन पर विदेशी पर्यटकों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा होटलों में पहंचकर विदेशी सैलानियों की जांच की जा रही है

चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर फसल खराबे का सर्व कर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए उन्होंने बीमा कंपनियों को भी इस बारे में जल्द से जल्द प्रक्रिया संपन्न करने को कहा वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने जिले के डीग कुम्हेर का दौरा कर ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से खराब हई फसलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने बाडमेर जिले में फसलों में हुए नुकसान की जानकारी ली महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अलवर जिले का दौरा कर किसानों से उनके हालात जाने उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया

इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग परम्पराओं के अनुसार होली के कार्यक्रम शुरू हो गए है चुरू में आज शेखावाटी का प्रसिद्ध फागोत्सव श्रू हुआ जो तीन दिन तक चलेगा